और ट्रक चालकों को भी आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ

सरकार ने इस वर्ष तीस लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है सहकारिता विभाग के अनूसार इकतीस मार्च तक किसान पंचायत स्तर पर पैक्स और प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल में अपना धान बेच सकेंगे एक किसान से दो सौ क्विंटल धान खरीद होगी जबकि गैर रैयत किसानों से अधिकतम पचहत्तर क्विंटल की खरीद होगी धान के बदले चावल लेने की अंतिम तारीख अगले वर्ष पन्द्रह जून तक निर्धारित की गयी है इस बार सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष से पैंसठ रूपये अधिक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने के वैकल्पिक उपाय अपनाने वाले किसानों को राज्य सरकार हरसंभव मदद देगी श्री कुमार ने पूर्णिया जिले के टीकापट्टी में एक सभा को संबोधित करते हुये कहा कि फसल अवशेष निष्पादन और खर पतवार कटाई के लिये अत्याधूनिक मशीनों की खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को पचहत्तर प्रतिशत और अनुसूचित जाति तथा जनजाति वर्ग के किसानों को अस्सी प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा मुख्यमंत्री ने टीकापट्टी में महात्मा गांधी के प्रवास स्थल पर निर्मित सर्वोदय आश्रम को विकसित करने और टीकापट्टी को आने वाले समय में प्रखंड का दर्जा दिलाने की भी बात कही महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का अंतिम संस्कार आज भोजपुर जिले के महुली घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनकी अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए इस अवसर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जयकुमार सिंह और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे अंतिम संस्कार से पूर्व डॉक्टर सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया उनके पार्थिव शरीर को भतीजे मुकेश कुमार ने मुखाग्नि दी वशिष्ठ नारायण सिंह का कल पीएमसीएच में निधन हो गया था आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब ट्रक ड्राईवरों को भी मिलेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने इसके लिए ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन के साथ समझौता किया है इसके तहत एक करोड़ ट्रक ड्राईवर और कर्मियों की पहचान का लक्ष्य रखा गया है प्रदेश में पांच वर्षों या उससे अधिक से चुनाव नहीं कराने वाली सहकारी समितियों का निबंधन रद्द किया जायेगा सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रदेश में तैंतीस हजार सहकारी समितियां हैं लेकिन उनकी अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं है इसलिए सहकारी समितियों का निबंधन ऑनलाईन कराने की व्यवस्था शुरू की गयी है किसानों के लिए अलग बिजली फीडर उपलब्ध कराने की योजना के तहत दरभंगा जिले में पैंसठ फीडर का काम पूरा हो चुका है नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के मिथिला क्षेत्र के उप महाप्रबंधक एसकेदास ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि शेष बचे तीन फीडर को भी दिसंबर के अंत तक लगा दिया जायेगा रफाल लड़ाकू विमान खरीद मामले में कांग्रेस के रवैये के खिलाफ कल प्रदेश भाजपा सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को लेकर फैलाये गये झूठ का पर्दाफाश किया जायेगा श्री हुसैन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है इधर समस्तीपुर शहर में भाजपा कार्यकर्ताओ ने इस मुद्दे को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भाजपा ही एक मात्र पार्टी है जिसने कार्यकर्ताओं के बल पर शून्य से शिखर तक का सफर तय किया है आज बेगूसराय में कैलाशपति मिश्र की स्मृति में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से भविष्य के लिए तैयार रहने को कहा इस अवसर पर पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया मौसम विभाग ने उन्नीस नवम्बर से प्रदेश में ठंड बढ़ने का पूर्वान्मान व्यक्त किया है विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में हो रही बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आयेगी आज फारबिसगंज गया और डिहरी तेरह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंढ़ा स्थान रहा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लोक संचार और संपर्क ब्यूरो पटना की ओर से सोनपुर मेला में कठोर परिश्रम और साहसिक निर्णयों के परिणाम विषय पर एक चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद पूर्व केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध हो सकेंगी पटना के बिहटा स्थित वायू सेना केन्द्र में आज से तीन दिवसीय एयर शो का आयोजन शुरू हो गया है इस एयर शो में वायु सेना के चार ध्रव हेलिकॉप्टर अपने हैरतअंगेज कारनामे का प्रदर्शन कर रहे हैं इसका उद्देश्य आम लोगों को सैनिकों के प्रति जागरूक करना और देश के युवा वर्ग को भारतीय वायु सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश के सरकारी कार्यालयों में अधिवक्ताओं के साथ उचित व्यवहार नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जतायी है इस संबंध में न्यायालय ने सभी कार्यालयों को नोटिस भेजकर वकीलों के लिए बैठने और काम करने की जगह देने का निर्देश दिया है

पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश क्रमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय क्मार चौधरी समेत राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्वांजलि दी जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड के खीलार पंचायत के वार्ड संख्या दो और नौ के वार्ड क्रियान्वयन तथा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और सचिव के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के कार्यान्वयन में निर्माण एजेंसी को बिना काम कराये कई लाख रूपये का भुगतान करने के मामले में यह प्राथमिकी दर्ज की गयी है शेखप्ररा में आयोजित तीन दिवसीय बालिका कराटे प्रतियोगिता में पटना की टीम ओवर ऑल विजेता बनी है पटना की टीम ने ग्यारह स्वर्ण के साथ कुल सोलह पदक जीते हैं जबकि बेग्सराय की टीम पांच स्वर्ण सहित आठ पदक प्राप्त कर द्रसरे स्थान पर रही नालंदा की टीम ने तीन स्वर्ण सहित पन्द्रह पदक प्राप्त कर तीसरे स्थान पर कब्जा जमाया नालंदा के बिहारशरीफ स्थित एक अदालत ने शराब के तीन तस्करों को दस वर्ष कारावास और पांच लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है जमूई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोहे गांव स्थित एक ईंट भट़ठे पर छापेमारी कर पुलिस ने छियासी कार्टन शराब बरामद की है भागलपुर जिले में अपराधियों और शराब तस्करों के विरुद्ध चलाये गये विशेष अभियान के तहत पुलिस ने पिछले चौबीस घंटे में संतानवे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने ट्रक लूटने की योजना बना रहा पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से दो देशी पिस्तौल और कारतूस बरामद किये गये हैं

एक हजार आठ सौ पन्द्रह रुपये प्रति क्विंटल की दर से पैक्स और व्यापार मंडल करेंगे खरीद

और ट्रक चालकों को भी आयुष्मान भारत योजना का मिलेगा लाभ